इस संगोष्ठी में वरिष्ठ नीति निर्माता राज्यों के अधिकारी तथा यूनिसेफ विश्व बैंक विश्व स्वास्थ्य संगठन और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे

इसका उददेश्य प्रति वर्ष दो प्रतिशत की दर से कुपोषण को कम करना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत आठ मार्च को राजस्थान से इस अभियान की शुरूआत की थी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजे त्यागपत्र में श्री तिवाडी ने कहा है कि पिछले चार साल से अधिक समय से राजस्थान का भी और भाजपा दोनों का अहित हो रहा है उन्होंने कहा कि इस काल में पार्टी के निष्ठावान लोगों को प्रताडित और बदनाम करने की कोशिश की गई जयपुर में आज संवाददताओं से बातचीत में श्री तिवाडी ने त्यागपत्र देने संबंधी घोषणा की और कहा कि उनके द्वारा गठित भारत वाहिनी पार्टी प्रदेश की सभी दो सौ सीटों पर चुनाव लडेगी

श्री तिवाडी के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के राजस्थान प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भाजपा से अलग होकर कोई भी नेता फल फूल नहीं सका है

ये वकील उदयपुर में हाई कोर्ट की खंडपीठ खोलने की मांग को लेकर हडताल पर थे आज वकीलों की साधारण समा की बैठक में हडताल स्थगित करने के बारे में निर्णय लिया गया

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इनके पूरा होने से अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बहुत लाभ होगा

कई वर्षों से बंद पड़ी बॉर्डर इंटेलीजेंस चौकियों को फिर शुरू करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सहमति दे दी है

श्री सिंघवी ने इस मुद्दे पर आज सिंचाई विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल से भी भेंट की

भरतपुर जिले के उज्जैन के सैंदपुरा में एक मकान की दीवार को लेकर दो पड़ोसियों के बीच चले आ रहे विवाद में एक युवक को सरियों से पीट पीटकर मार डालने की खबर मिली है पुलिस ने इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है

बांसवाडा जिले के सज्जनगढ बागीदोरा और अम्बापुरा में झमाझम पानी बरसा वहीं सवाईमाघोपुर में शाम साढे पांच बजे से हल्की बारिश का दौर जारी है झालावाड़ में बूंदाबांदी हुई